अठहत्तर लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज

अब तक इस महामारी से चार सौ चौहत्तर लोगों की मृत्यु

नेपाल के तराई वाले इलाकों तथा प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान हुई बारिश से गंडक और कोसी नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है इससे प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है राज्य में सोलह जिलों में बाढ़ से अठहत्तर लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं वाल्मीकिनगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद इससे पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण सारण गोपालगंज और मुजफ्फरपुर जिले में कई नये इलाके बाढ़ की चपेट में आ गये हैं वहीं कोसी नदी में उफान के कारण सुपौल और मधेपुरा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है कोसी नदी के तटबंधों पर विभिन्न स्थानों पर पानी का भारी दबाव है ब्रढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है इससे मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति में सुधार नहीं है बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी आई है लेकिन प्रभावित इलाके बाढ़ में ड्रबे हुये हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि लोगों को खाने पीने की चीजों का कमी का सामना करना पड़ रहा है

प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैंतीस टीमें लगायी गई है वहीं साढ़े पांच लाख से अधिक लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है बाढ़ पीड़ित परिवारों को छह छह हजार रूपये की सहायता राशि दी जा रही है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार लगभग सात लाख परिवारों को चार सौ तीन करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है वहीं पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है राज्य के चिन्हित निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को पचास लाख रूपये के बीमा का लाभ मिलेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत ये बीमा लाभ दिया जायेगा श्री पाण्डेय ने कहा कि बीमा का लाभ उन स्वस्थ्यकर्मियों को मिलेगा जिनकी असामयिक मृत्यू कोविड मरीजों का इलाज करते हुये हो जायेगी गौरतलब है कि विभिन्न जिला प्रशासन ने कोविड उपचार के लिये राज्य में एक सौ बीस निजी अस्पताल चिह्नित किए हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्लाज्मा दान को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की सहमति के लिये भेजा गया है इसे शीघ्र स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है इससे प्लाज्मादाताओं का उत्सावर्द्धन होगा और प्लाज्मा देने वालों की संख्या भी बढ़ेगी प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या नब्बे हजार के आंकड़े को पार कर गयी है तीन हजार सात सौ इकतालीस नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या नब्बे हजार पांच सौ तिरपन हो गयी है सबसे अधिक पांच सौ उनतीस मामले पटना से सामने आये हैं बेगूसराय से दो सौ चौवन कटिहार से दो सौ सहरसा से एक सौ पचहत्तर पूर्वी चंपारण और मधुबनी से एक सौ उनहत्तर एक सौ उनहत्तर मुजफ्फरपुर से एक सौ साठ सारण से एक सौ अड़तालीस और रोहतास से एक सौ चालीस मामले पॉजिटिव पाये गये हैं इसी तरह गया से एक सौ सात वैशाली से संतानवे भोजपूर से पंचानवे नालंदा से बानवे पश्चिम चंपारण से छियासी सीतामढ़ी से इक्यासी औरंगाबाद से सतहत्तर अररिया से इकहत्तर और भागलपुर से सत्तर मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में तीन हजार उनतीस मरीजों को उपचार के बाद छ्टटी दी गयी अब तक कूल साठ हजार अड़सठ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं

वहीं एक दिन में नौ लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर चार सौ चौहत्तर हो गया है पटना जिले में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिले में अब तक चौदह हजार नौ सौ अस्सी मामले सामने आ चुके हैं जो राज्य में सबसे अधिक है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में इस महामारी से इक्यानवे लोगों की अब तक मौत हो चुकी है जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या तीन हजार दो सौ तिहत्तर है जबकि ग्यारह हजार छह सौ सोलह लोग स्वस्थ हो चुके हैं प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच में लगातार तेजी आ रही है पिछले चौबीस घंटे में बानवे हजार चार सौ चौदह नमूनों की जांच की गयी अब तक राज्य में बारह लाख बहत्तर हजार नौ सौ अस्सी नमूनों की जांच हो चुकी है वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोरोना के ज्यादा परीक्षण करने से महामारी के रोकथाम में मदद मिलेगी

लोगों को उपलब्ध कराने से पहले मानव शरीर के लिये वैक्सीन के सुरक्षित होने की शर्त को सुनिश्चित किया जायेगा

बैठक में कोविड का टीकाकरण कैसे हो इसे लेकर रणनीति तैयार की गई बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने की बैठक में इस बात पर भी विचार हुआ कि कोविड उन्नीस के टीके की केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत खरीद की जायेगी राज्यों को खरीद के बाद यह उपलब्ध कराया जायेगा इस दौरान दो देशी टीकों के दूसरे चरण के परीक्षण पर चर्चा की गई जबकि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा टीके के तीसरे चरण के परीक्षण को लेकर भी विचार किया गया विशेषज्ञ समूह ने टीकों को समाज के सबसे निचले स्तर तक उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल प्रणाली कायम करने की योजना बनाने और उसपर अमल के बारे में विचार किया टीकाकरण के तौर तरीकों पर भी बैठक में चर्चा हुई कोविड उन्नीस के टीकों के चयन के मानदंडों पर भी मोटे तौर पर विचार किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के मंच का आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे इससे प्रत्यक्ष करों की दिशा में किये जा रहे सुधारों को और बढ़ावा मिलेगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना बैट्री के भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दे दी है सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी के प्रमाण पत्र के आधार पर बिना बैट्री वाले वाहनों की बिक्री और उनके पंजीकरण किया जा सकता है पत्र में कहा गया है कि पंजीकरण के लिए बैट्री के निर्माण प्रकार या अन्य किसी तरह की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है केंद्र सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है मंत्रालय ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रद्षण और तेल आयात में कमी करने के लिए मिलकर काम करने का समय आ गया है राज्य के चार पुलिस अधिकारियों को इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के पदक से सम्मानित किया जाएगा इन्हें ये सम्मान अपराधों के अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जायेगा राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने बताया कि चयनित अधिकारियों में किशनगंज के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस इंस्पेक्टर विनोद कुमार पांडेय और संजीव कुमार तथा बेगूसराय के पुलिस अवर निरीक्षक विवेक भारती शामिल हैं वहीं सीबीआई में पदस्थापित बिहार निवासी इंस्पेक्टर विभा कुमारी को भी बेहतर अनुसंधान के लिये केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सम्मान दिया जायेगा मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के अनुसंधान पदाधिकारी के रूप में बेहतर कार्य के लिये उन्हें यह सम्मान दिया जायेगा राज्य में लॉकडाउन के प्रावधानों का उल्लंघन करने के मामले में एक अगस्त से अब तक बासठ व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल आठ हजार छह सौ इकसठ वाहन जब्त कर दो करोड़ सत्रह लाख संतावन हजार आठ सौ सत्तर रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है वहीं मास्क नहीं पहनने पर पिछले दो सप्ताह के दौरान इकसठ हजार सात सौ पचपन व्यक्तियों से तीस लाख सत्तासी हजार सात सौ पचास रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गयी है परिवहन विभाग ने यातायात नियम तोड़ने वालों से मैनूअल चालान की जगह ई वॉलेट पेटीएम से चालान लेने का निर्णय किया है परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अक्टूबर माह से यह व्यवस्था राज्यभर में लागू कर दी जायेगी उन्होंने कहा कि पेटीएम के साथ इसके लिये करार हो गया है और लॉकडाउन खत्म होते ही इसे लागू कर दिया जायेगा रेलवे ने पटना हावड़ा और हावड़ा से पटना तथा गया होते हुये दिल्ली आने जाने वाली सात जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को बीस से इकतीस अगस्त तक रद्द कर दिया है ये निर्णय पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर लगाये गये लॉकडाउन के कारण लिया गया है पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस बीस से इकतीस अगस्त के बीच पांच दिन रद्द रहेगी हावड़ा दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस पटना शालिमार दुरंतो एक्सप्रेस को भी बीस से इकतीस अगस्त के बीच रद्द कर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट दो हजार बीस बाईस के सत्र के लिये नामांकन की तिथि सत्रह अगस्त तक बढ़ा दी है प्रथम चयन सूची के आधार पर छात्र अब सत्रह अगस्त तक नामांकन ले सकते हैं बोर्ड ने इसकी सूचना सभी डीईओ के साथ इंटर स्कूल और कॉलेजों को भेज दी है पहले नामांकन की आखिरी तारीख बारह अगस्त निर्धारित की गई थी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 हिन्दुस्तान ने रूस द्वारा कोरोना के टीका बनाने के दावे पर विश्वभर में विशेषज्ञों द्वारा उठाये गये मुद्दों को लेकर शीर्षक लगाया है रूसी टीके पर दुनिया में उठे सवाल दैनिक भास्कर ने राज्य में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये शीर्षक दिया है आठ लेन का होगा एक सौ सत्ताईस किलोमीटर लंबा पटना रिंग रोड दैनिक जागरण ने स्कूलों को खोले जाने की संभावना से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह देते हुये लिखा है सितंबर से खोले जा सकते हैं स्कूल प्रभात खबर ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की बढ़ती जांच का शीर्षक दिया है सुशांत की हत्या के बाद अब परिवार का किया जा रहा है चरित्रहनन आज अखबार की सुर्खी है बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट करने पहुंचे नेपाल भूटान के छात्र

अठहत्तर लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज

अब तक इस महामारी से चार सौ चौहत्तर लोगों की मृत्यु